प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को मदद पहुंचाने के लिए सरकार बीमारियों की रोकथाम पर विशेष ध्यान दे रही है श्री मोदी आज नमो ऐप के जरिए वाराणसी में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कर रहे थे प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य सूविधाएं कम खर्चीली होनी चाहिये ताकि हर वर्ग के लोग इसका फायदा उठा सके अगर परिवार में एक बार बीमारी घ्रस गई तो उस परिवार के सारे सपने चूर चूर हो जाते हैं कितना ही ताकतवर नागरिक क्यों न हो इन चीजों के लिए वो अपने बलबूते पर कुछ नहीं कर सकता है उसे व्यवस्थाएं चाहिए और हमारा यह मानना है कि प्रीवेंटिव हेल्थ केयर्स में भी हमें बल देना चाहिए

प्रधानमंत्री ने लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में जनसहभागिता के महत्व को रेखांकित करते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं से मतदान और मतदाता सूची के लिए जागरूकता अभियान चलाने का आग्रह भी किया एक नागरिक होने के नाते यह हम सभी का अधिकार भी है और कर्तव्य भी है हम यह सुनिश्चित करें हमारा ही नहीं हमारे आस पास के लोगों का नाम भी मतदाता सूची में हो ऐसी जागरूकता आवश्यक है मतदान के अधिकार पर हमें गर्व होना चाहिए क्योंकि इसके द्वारा हमें देश का भविष्य निर्धारित करने का बहुत बड़ा अवसर मिलता है श्री मोदी ने कहा कि यह हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों विशेषकर गरीबों तक पहुंचे प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था तेजो से आगे बढ़ रही है और सरकार के प्रयासों से गरीबी की दर घटी है उन्होंने कहा कि देश में उड्डयन क्षेत्र काफो तेजो से आगे बढ़ रहा है तथा अब और ज्यादा लोग विमान यात्रा कर रहे हैं भारत द्निया की सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है भारत द्निया में सबसे तेजी से गरीबी मिटा रहा है

राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों की कार्यवाही आज सुबह ग्यारह बजे शुरू हुई

अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने सभी विभागों की अनुपूरक अनुदान मांगों का विवरण पेश करते हुए राज्य की पिछली सरकारों और अपनी सरकार के तुलनात्मक आंकड़े पेश किये श्री योगी ने राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि किसानों महिलाओं ग्रामीणों अनुसूचित जाति जनजाति सहित सभी वर्गो के विकास के लिए कटिबद्ध होने की वजह से यह सबसे बड़ा अनुपूरक बजट है स्वच्छ भारत मिशन प्रधानमंत्री आवास योजना और किसान ऋण मोचन योजना का विशेष रूप से जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इस दिशा में सरकार प्रभावी ढंग से काम कर रही है श्री योगी ने कहा कि विगत पन्द्रह माह के दौरान प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में एक करोड़ पच्चीस लाख और शहरों में तकरीबन छह लाख बीस हजार शौचालय बनाये गये हैं प्रधानमत्री आवास योजना के तहत आठ लाख पच्चासी हजार आवासों का निर्माण किया गया है श्री योगी ने कहा कि प्रदेश के गन्ना किसानों को पच्चीस हजार करोड़ रूपये के बकाये का भूगतान किया जा चुका है मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अनुपूरक बजट में अटल जी की याद में कई योजनाओं के लिए भी धन अवमुक्त किया गया है जिसके तहत अटल जी के पैतृक गांव बटेश्वर में स्मारक निर्माण तथा उनके पहले संसदीय क्षेत्र बलरामपुर में मेडिकल कॉलेज बनाया जायेगा इससे पहले विपक्षो दलों ने प्रदेश में बाढ़ की वजह स हुई जनधन हानि का मामला काम रोको प्रस्ताव के रूप में उठाया सदन में आरक्षण के समर्थन में गत दो अप्रैल को मेरठ में प्रदर्शन कर रहे अनुसूचित जाति के लोगों को गंभीर धाराओं में निरूद्व किये जाने का मामला बसपा विधानमंडल दल के नेता लालजी वर्मा और सुखदेव राजभर ने उठाया और सरकार से आन्दोलनकारियों पर लगाये गये मुकदमों को वापस लेने का आग्रह किया नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने बसपा की इस मांग का समर्थन किया इस बारे में संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना के जवाब से असंतुष्ट सपा बसपा और कांग्रेस सदस्यों ने सदन से वाक आउट किया विधानसभा कल सुबह ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई उधर विधान परिषद में भी अनुपूरक बजट पर चर्चा हुई विपक्षी दल सपा और बसपा ने कहा कि सरकार को अनूपूरक बजट लाने की कोई जरूरत नहीं थी चर्चा से पहले पीलीभीत के पुलिस अधीक्षक सदन क विशेषाधिकार हनन के मामले में सभापति के सामने पेश हुए और माफी मांगी जिसे सभापति ने बिना शर्त स्वीकार कर लिया सभापति ने इस बारे में सरकार को सभी जिलाधिकारियों और प्रलिस प्रमुखों को भविष्य में सदन के सदस्यों के प्रति सम्मान व्यक्त करने तथा ऐसी घटनाओं की प्नरावृत्ति न होने का निर्देश दिया परिषद की कार्यवाही कल सुबह ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई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

संचार मंत्री मनोज सिन्हा ने कहा है कि साढे छह सौ स्थानों पर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आईपीपीबी शुरू किए जायेंगे इन बैंकों में विशेष रूप से बचत खातें चालू खाते मनी ट्रांस्फर और कारोबारी भुगतान की सुविधाएं रहेंगी श्री सिन्हा ने बताया कि इस वर्ष दिसंबर तक ये बैंक भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मदद से ग्रामीण इलाकों में लोगों के घर तक बैंकिंग सुविधाएं पहुचायेंगे

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए श्री सिन्हा ने कहा कि पहली सितम्बर को नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में इस कार्यक्रम का शुभारंभ होगा जिसमें प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे इस सिलसिले में लखनऊ में आयोजित होने वाले श्रभारम्भ समारोह में केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे मंत्रिमंडल ने केन्द्रीय कर्मचारियों और पेशनभोगियों का मंहगाई भत्ता दो प्रतिशत बढ़ाने के प्रस्ताव को मंज्री दे दी है इससे करीब एक करोड़ दस लाख कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ होगा महंगाई भत्ते में यह इजाफा सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर किया गया है

आज राष्ट्रीय खेल दिवस है यह दिन हॉकी के जादूगर ध्यान चंद की जयन्ती पर हर वर्ष उन्तीस अगस्त को मनाया जाता है इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा सूचना प्रसारण और खेल मंत्री राज्यवर्द्वन सिंह राठौड़ ने मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि दी उधर अमरोहा में स्वर्गीय ध्यान चंद का जन्म दिन धूमधाम से मनाया गया

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव ने आज समाजवादी सेक्यूलर मोर्चा नाम से राजनैतिक मंच का गठन कर लिया है लखनऊ में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने इस बात की घोषणा की उन्होंने कहा कि उनकी नवगठित पार्टी किसी भी ऐसे व्यक्ति का स्वागत करेगी जिसे समाजवादी पार्टी में सम्मान नहीं मिल रहा है श्री यादव ने कहा कि नवगठित समाजवादी सेक्यलर मोर्चा अन्य छोटी क्षेत्रीय पार्टियों के साथ गठबंधन का प्रयास भी करेगी नया राजनैतिक मंच बनाने के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी नेतृत्व की कार्यशैली और रवैये की वजह से वह सपा में अलग थलग महसूस कर रहे थे

समाप्त